उन्होंने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी का किसी एक विशेष धर्म के लोगों से कुछ लेना देना नहीं है उन्होंने साफ किया कि सरकार ने एनआरसी पर अभी तक कोई फैसला नहीं किया है और यह असम से संबंधित है प्रधानमंत्री ने कहा कि नागरिकता कानून का उद्देश्य पड़ोसी देशों में धार्मिक उत्पीड़न के बाद भारत आए लोगों को नागरिकता देना है

मख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज मंडी जिले के दौरे के दौरान विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे

मुख्यमंत्री मंडी में राज्यस्तरीय जीएसटी की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे और बाद में उनका सेरी मंच में जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है इसके अलावा मुख्यमंत्री पड्डल मैदान में खेली जा रही राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह की अध्यक्षता भी करेंगे

एसोसिएशन के कांगड़ा जिला प्रधान राजेंद्र मन्हास ने कहा है कि इस अधिसूचना के तहत सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार को पेंशन का प्रावधान है

प्रशिक्षण लाहौल स्पीति के काज़ा उपमण्डल में इन दिनों आईस हॉकी कोचिंग कैंप व टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है

बैडमिंटन शिमला जिला मास्टर बैडमिंटन चैंपियनशिप कल सम्पन्न हुई इस अवसर पर भारतीय बैडमिंटन संघ के संयुक्त सचिव राजेंद्र शर्मा ने कहा कि एसोसिएशन द्वारा इस वर्ष अम्पायरिंग टेस्ट का आयोजन किया जाएगा जिसमें प्रत्येक जिले से चार चार खिलाड़ियों को चुना जाएगा

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकतर समाचार पत्रों ने मुख्यमंत्री के बयान को प्रमुखता दी है दैनिक भास्कर की सुर्खी है प्रदेश में शुरू होगा दस हज़ार करोड़ के निवेश का काम सभी क्लीयरेंस मिलीं दैनिक जागरण का शीर्षक है स्कूल वर्दी की खरीद में नहीं हुआ घोटाला दिव्य हिमाचल के शब्द हैं दो साल विश्वास के प्रगति और विकास के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अब तक के कार्यकाल पर दिया नारा

आपका फैसला के मुताबिक सरकार ने विकास सिर्फ कागजों में नहीं किया बल्कि उसे जमीन पर उतारा

कंडाघाट में हुई कार दुर्घटना से जुड़ी खबर भी अखबारों में प्रमुखता लिए हुए हैं

दैनिक जागरण की सुर्खी है कार हादसे में पांच दोस्तों की मौत कार काटकर निकालने पड़े दो शव नालागढ़ में इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीवा रेड्डी के बयान को आपका फैसला ने शीर्षक दिया है देश की अर्थव्यवस्था डूबी मोदी सरकार ने पूरे नहीं किये चुनावी वायदे

इसी अखबार की एक अन्य खबर है केन्द्र राज्य सरकार में कम्युनिकेशन गैप पोंग के किनारों पर मर रहे विदेशी मेहमान शीर्षक से हिमाचल दस्तक ने लिखा है झील के साथ लगते खेतों पर रोजाना दिख रहे अवशेष मौसम पर दैनिक सवेरा टाइम्स का शीर्षक है हिमाचल के कबायली इलाकों में बर्फ पिघलाकर प्यास बुझा रहे लोग